ये बात शहरी विकास व नगर नियोजन मंत्री सरवीण चौधरी ने कांगड़ा ज़िला के रजोल स्कूल के सालाना समारोह में कही

स्काउट रैली भारत स्काउट एंड गाईड की पांच दिवसीय राज्य स्तरीय रैली कल रिवालसर में संपन्न हुई समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार गंभीर है और इसके लिए सख्त कानून बनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कार्यकाल के एक वर्ष में हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं आरंभ की गई है

इससे पहले अनुराग ठाकुर ने ग्राम पंचायत सराहड़ में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लोगों के साथ बैठकर सुना तथा भारत आयुष्मान योजना के अंतर्गत डेढ़ सौ परिवारों को गोल्डन कार्ड वितरित किए नववर्ष तैयारी नववर्ष के मौके पर प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की आवाजाही को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं राजधानी शिमला में यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए शहर के कुछ बंधित व प्रतिबंधित मार्गों पर निजी वाहन पार्क करने की विशेष छूट दी गई है और ये व्यवस्था एक जनवरी सुबह तक लागू रहेगी

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचारपत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है नव वर्ष की तैयारियों पर अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल नए साल के जश्न को तैयार शिमला मनाली में खास इंतज़ाम नव वर्ष को यादगार बनाने देवभूमि पहुंचे लाखों सैलानी दिव्य हिमाचल का शीर्षक है नववर्ष के स्वागत को हिमाचल पैक शिमला मनाली धर्मशाला में सैलानियों का सैलाब प्रमुख पर्यटक स्थलों के होटल फुल पंजाब केसरी के शब्द हैं न्यू ईयर के जश्न के बीच ऑनलाइन साइट्स पर होटल के कमरों के किराए के नाम पर लूट तीन हजार वाला कमरा बीस हजार दिखाया जा रहा दैनिक जागरण के मुताबिक सैलानियों से पैक हुए पर्यटन विकास निगम के होटल निजी में भी जगह नहीं मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है हिमाचल में पर्यटक स्थलों पर नववर्ष में बर्फबारी की सम्भावना निचले व मैदानी इलाकों में बारिश के आसार हिमाचल दस्तक का शीर्षक है कड़ाके की ठंड के साथ होगा नववर्ष का आगाज दैनिक जागरण की सुर्खी है कल से फिर बारिश बर्फबारी आपका फैसला के शब्द हैं कंपकंपाती ठंड से प्रदेश बेहाल जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार हिमाचल में सात दिनों तक बिगड़ा रहेगा मौसम का मिज़ाज

अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय जानलेवा नशा में लिखता है कि नशे के खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ना होगा और ऐसे लोगों को सामने लाना होगा जो दूसरों की जिन्दगी से खिलवाड़ कर जेबें भरने में लगे हैं दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि हर विधानसभा क्षेत्र का रोडमैप केवल दृष्टि पत्र के आधार पर ही बनेगा जिसमें नागरिक समाज की प्राथमिकताएं होनी चाहिये शीर्षक है हर विधानसभा का हो अपना दृष्टि पत्र हिमाचल दस्तक अपने सम्पादकीय बच्चों की सुरक्षा होगी सुनिश्चित में लिखता है कि प्रदेश में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर्स एक्ट लागू होने के बाद बिना रजिस्ट्रेशन के क्रेच प्ले स्कूल प्री नर्सरी और आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं चलाए जा सकेंगे